इसका उद्देश्य राज्य विधानसभा चुनाव में ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीन द्वारा मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है प्रचार प्रसार के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्कूल शिक्षा विभाग को स्वीप पार्टनर बनाया है आयुक्त स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय कार्यालयों के प्रमुखों से कहा वे प्रमुख स्थानों पर ऐसे फ्लेक्स प्रदर्शित करें जिसमें ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट द्वारा मतदान प्रक्रिया सपन्न कराने का चित्रण हो विभाग की पोर्टल पर एक सीडी भी उपलब्ध कराई जायेगी जिससे कोई भी मतदाता आवश्यक जानकारी हासिल कर सके स्मृति ईरानी वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने चर्चित मी टू कैंपेन के संबंध में कहा है कि गलत व्यव्हार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का सभी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है श्रीमती ईरानी ने इंदौर में भाजपा की ओर से आयोजित कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम में कल देर शाम सामाजिक संगठनों की महिलाओं के प्रश्नों का उत्तर दिया उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मी दू कैंपेन के तहत सामने आये सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच करायी जाएगी श्रीमती ईरानी ने महिलाओं को साथ लगातार बढ़ रही छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को मौत की सजा देने का निर्णय सरकार ले चुकी है विजयाराजे जन्मशताब्दी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए महलों का वैभव छोड़कर संघर्ष किया था श्री तोमर ने कल श्रीमती सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम राजमाता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह भी मौजूद थे वहीं ग्वालियर मे राजमाता विजयाराजे सिंधिया जन्मशताब्दी वर्ष समारोह पर आयोजित महिला मैराथन दौड़ को मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिवपुरी मतदान निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनावों के दौरान पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के लिए शिवपूरी जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए कम्युनिकेश प्लान टीमों का गठन किया गया है

जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि कम्युनिकेशन प्लान के दल मतदान होने के तीन दिन पहले से विभिन्न प्रकार की जानकारियां जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को भेजेंगे वहीं मतदान संपन्न होने तक यह दल सभी प्रकार की जानकारियां भेजते रहेंगे मौसम तितली तूफान के प्रभाव के चलते राजधानी में दिन और रात के तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक दो दिन तापमान सामान्य या उसके आसपास रहने की संभावना है

मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अपने दो दिवसीय प्रवास पर बैतूल पहुंचे श्री भागवत स्थानीय भारत भारती आवासीय विद्यालय में देश भर से प्रशिक्षण के लिए जुटे मास्टर ट्रेनर्स को मार्गदर्शन देंगे वे रविवार को नागपुर के लिए रवाना होंगे

उनके होशंगाबाद सतना रीवा डिंडोरी और जबलपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं